केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें ढाई रूपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है तेल विपणन कंपनियां इसमें से एक रूपया प्रति लीटर अवशोषित करेगी

उन्होंने कहा कि अमेरिका मे कच्चे तेल की कीमतों और घरेल् विकासों ने विश्वभर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है उन्होंने कहा कि देश में मुद्रास्फीति अभी भी चार प्रतिशत से कम है पर भारत के घरेलू संकेतक काफी मजबूत और स्थिर है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण से सम्बधित प्रश्नों पर जितना संभव हो सके बात करने लिखने चर्चा और विचार विमर्श करने की आवश्क्ता पर ज़ोर दिया है उन्होंने कहा कि पर्यावरण से सम्बधित विषयों पर अन्संधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है और यह तब होगा जब अधिक से अधिक लोग इसमें आने वाली च्नौतियों को जान पायेंगे आज एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में श्री मोदी ने कहा कि जब द्वनिया जलवाय् परिवर्तन की बात कर रही है भारत में जलवायु न्याय का आहवान गुंज रहा है उन्होंने कहा िक जलवायु न्याय समाज के गरीब और हाशिये वर्गो के अधिकारों और हितों की रक्षा बारे है जो जलवाय् परिवर्तन के खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर अत्याधिक ध्यान दे रहा है और गत चार सालों में यह क्षेत्र पहंच वाला और किफायती हो गया है क्रूक्षेत्र से भाजपा व लोकतंत्र स्रक्षा मंच् के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजक्मार सैनी के काफिले का रास्ता रोककर उनकी गाड़ी को न्कसान पहंचाने व जान से मारने की धमकी पर होडल के बहीन थाने में पचास य्वकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है गौर तलब है कि कल सांसद राजकुमार सैनी फिरोजपुर झिरका से हथीन के गांव रूपाडाका मे एक जन सभा को सम्बोधित करने जा रह थे तो करीब पचास य्वकों ने सांसद के काफिले को घेर कर नारेबाज़ी करते हए उनकी गाड़ी पर डंडों से वार किया था

अगले वर्ष फरवरी में श्रू होने वाली डिजि यात्रा के तहत अपने चेहरे के बायोमैट्रिक से हवाई अड्डों में प्रवेश कर सकेंगे आज नई दिल्ली में एक समारोह को सम्बोधित करते हए नागरिक उड्यन मंत्री स्रेश प्रभू ने कहा कि ये बायोमैट्रिक का इस्तेमाल पूरी तरह स्वैच्छिक होगा इससे यात्रियों को सुरक्षा सामान की जांच तथा बोर्डिंग गेट आदि काउंटरर्स पर लंबी लाइनों से निजात मिलेगी मंत्रीने कहा कि यात्री हितैषी ये प्रणाली एयर पोर्टस पर चल आ रहे कुई पुराने तरीकों का स्थान लेगी

विभागीय प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि इन निय्क्तियों में दो वर्ष का प्रोबेशन होगा जिसे एक वर्ष और बढ़ाया भी जा सकता है उम्मीदवारों अपने सभी ओरीजंनल दस्तावेज़ संबद्ध जिला शिक्षा अधिकारी को दिखाने होंगे

इस मेले में पिंजोर खण्ड की छात्राओं को खिजला मौलिक शिक्षा अधिकारी उर्मिल बांगड ने साईकिलें प्रदान की

क्डली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर आज एक तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी ने हरियाणा प्लिस में कार्यरत एसपीओ को टक्कर मार दी

घटना के बाद चालक फरार हो गया

प्लिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया कि कब्जे हाइवे पर ओवर स्पीड वाहनों पर नियंत्रण के लिए टोल से आगे खड़ी पुलिस की इंटरप्रेटर गाड़ी की टीम में शामिल एसपीओ राकेश कुमार ने पलवल की ओर आ रही गाड़ी को रूकने का इशारा किया था चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय एसपसीओ को टक्कर मार दी

ऐशियाई खेलों में जैवलीन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत कर भारत का नाम रोशन करने वाली नीरज चोपड़ा का आज पंचकला स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में स्वागत किया गया इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में नीरज ने कहा कि इस बार एशियाई खेलों मे भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा और भारत ने इस बार ज्यादा मैडल जीते है

अपने गेम के बारे में उन्होंने बताया कि जैवलीन फैंकने का उनका तरीका क्दरती है उन्होंने कहा कि हरियाणा की नई खेल नीति अच्छी है और वे चाहते है ताऊ देवी लाल स्टेडियम में नर्सरी और होस्टल का फिर से खोला जाये ताकि अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी इस स्विधा का लाभ उठा सकें

आज प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हए विश्वविद्यालय के उप क्लपति डॉ वी के कायत ने कहा इन नए द्रस्थ कोर्स के श्रू होने से न केवल सिरसा बल्कि अन्य देश प्रदेश के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा

उन्होंने बताया कि बाद में स्विधाओं के आधार पर और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके इस मान्यता को बढ़ा दिया जाएगा एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि छात्र संघ के च्नाव के लिए विश्विद्यालय प्रशासन प्री तरह तैयार है